आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार ने कल पहले प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दो दिन पहले राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का आह्वान करते हुए आत्मनिर्भर भारत योजना की घोषणा की थी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कल नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री के घोषित वित्तीय पैकेज के विवरण के बारे में जानकारी दी बीस लाख करोड रुपए यानी देश के सकल घरेलू उत्पाद के दस प्रतिशत के बराबर के इस पैकेज से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों एमएसएमई श्रमिकों मध्यम वर्ग और उद्योगों समेत समाज के विभिन्न वर्गों को फायदा होगा

एक ऐतिहासिक फैसले में एमएसएमई का दायरा बढा दिया गया है और छोटे तथा सूक्ष्म उद्यमों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है एमएसएमई की परिभाषा में बदलाव के फैसले से इस क्षेत्र की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा क्षमता में बढोतरी होगी वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि एमएस एमई क्षेत्र को जोरदार बढावा देने के प्रयास के तहत तीन लाख करोड रुपए के ऋण बिना किसी जमानत के देने और बारह महीने तक इस पर ब्याज या मूलधन की वापस न करने की घोषणा की है

बीस हजार करोड रुपए के एक अन्य पैकेज से आर्थिक संकट से गुजर रही दो लाख इकाइयों को लाभ होगा वित्त मंत्री ने बताया कि इक्विटी के माध्यम से एमएसएमई में पचास हजार करोड रुपए लगाए जाएंगे घरेलू कंपनियों के लिए नए अवसरों की घोषणा करते हुए श्रीमती सीतारमण ने कहा कि सरकारी खरीद के तहत दो सौ करोड रुपए की खरीद वैश्विक निविदा प्रणाली के जरिए नहीं की जाएगी वित्त राज्य मंत्री ने एमएसएमई को ई मार्केट से भी जोडने की घोषणा की जिससे छोटे आर मझोले उद्योगों को अपने उत्पादों की ब्रिकी में मदद मिलेगी

इस फैसले से आम लोगों को पचास हजार करोड रुपए से अधिक नकद राशि उपलब्ध हो सकेगी

उन्होंने कहा श्री मोदी ने कल राष्ट्र को संबोधन के दौरान आत्मनिर्भर भारत परिकल्पना बतायी थी और भारत के लोगों से लोकल यानी स्थानीय उत्पादों के लिए वोकल बनने की अपील की थी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा कल की गई घोषणाओं से उद्योगों खासतौर पर सुक्ष्म लघु और मझौले उद्यमों की समस्याओं के समाधान में काफी मदद मिलेगी श्री मोदी ने कहा है कि जिन उपायों की घोषणा की गई है उनसे मौद्रिक तरलता बढेगी कारोबारी अधिकार संपन्न बनेंगे और उनकी प्रतिस्पर्धा क्षमता सुद्रढ़ होगी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि अब तक छह लाख पचासी हजार झारखंड के लोगों ने घर लौटने के लिए रजिस्ट्रेषन कराया है राज्य सरकार दूसरे राज्यों में फंसे सभी लोगों की घर वापसी के लिए प्रतिबद्ध है और जरूरी कदम उठाये जा रहे हैं उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार रेलवे और केन्द्र सरकार के साथ सामंजस्य बैठाकर सभी प्रवासियों को जल्द से जल्द वापस लाने का प्रयास कर रही है वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने कंट्रोल रूप में प्रवासी झारखंड के लोगों के बारे में जानकारी ली उन्होंने मुख्य सचिव से बात कर अतिरिक्त श्रमिक विषेष ट्रेन चलाने के लिए केन्द्र सरकार को पत्र भेजने का निर्देष दिया है गृह मंत्रालय ने कहा है कि केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ की सभी केंटीन में केवल स्वदेशी उत्पाद ही बेचे जाएंगे गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि यह फैसला देशभर में सीएपीएफ की सभी कैंटीन में पहली जून से लागू होगा

गृहमंत्री ने सभी नागरिकों से स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करने और देश को आत्मनिर्भर बनाने की अपील की उन्होंने कहा कि यह पीछे रहने का नहीं बल्कि संकट को अवसर में बदलने का समय है

इनमें से चार गिरिडीह दो रांची और दो कोडरमा के संक्रमित शामिल हैं इसके साथ ही राज्य में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या एक सौ इक्यासी हो गयी है गिरिडीह में चार नए कोरोना मरीज मिलने के बाद जिले में कुल संक्रमितों की संख्या दस हो गयी है गिरिडीह के सिविल सर्जन डॉक्टर अवघेष कुमार सिन्हा ने बताया कि तीन मरीज ड्मरी प्रखंड और एक महिला मरीज जमुआ प्रखंड की है सभी संक्रमितों को रात में ही अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है इधर रांची में मिले दो कोरोना पॉजिटिव में से एक हिंदपीढ़ी और एक मांडर से है वहीं कोडरमा से मिले दोनों संक्रमित सूरत से लौटे थे दूसरी ओर झारखंड में स्वस्थ हुये लोगों की संख्या अच्छी खासी है

कुछ समय के लिये लोगों के लिए चल रही विशेष ट्रेनों में ये टिकट मान्य होंगे रेलवे बोर्ड द्वारा जारी आदेश के अनुसार इन रेलगाड़ियों में वेटिंग टिकट कुछ ही दिनों के लिये होंगे

इन ट्रेनों में कोई आरएसी टिकट नहीं होगा

इस धनराशि में से करीब दो हजार करोड़ रुपये वेंटिलेटरों की खरीद के लिए निर्धारित किए जाएंगे एक हजार करोड़ रुपये का उपयोग प्रवासी मजदूरों की देखभाल के लिए किया जाएगा इसके अलावा सौ करोड़ रुपये वैक्सीन विकसित करने में सहयोग के लिए दिए जाएंगे

रक्षामंत्री गृहमंत्री और वित्तमंत्री इस ट्रस्ट के पदेन सचिव हैं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 नई दिल्ली से चली राजधानी स्पेषल ट्रेन आज सुबह दस बजे रांची पहुंचेगी यही ट्रेन आज शाम पांच बजकर चालीस मिनट पर रांची स्टेषन से नई दिल्ली के लिए रवाना होगी यात्रियों के आवागमन को लेकर रांची स्टेषन पर प्रषासन की ओर से विषेष तैयारी की गयी है रेलवे की ओर से जारी निर्देष के अनुसार यात्रियों को तीन घंटे पहले स्टेषन पहंचना होगा ट्रेन खुलने के डेढ़ घंटे पहले प्रवेष द्वार को बंद कर दिया जायेगा स्टेषन तक पहुंचने के लिए यात्रियों का टिकट ही उनका पास माना जायेगा सभी यात्रियों को मास्क पहनना और सामाजिक दूरी का अनुपालन करना होगा ट्रेन में बैठने से पहले सभी यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग की जायेगी वहीं हटिया स्टेषन से आज शाम चार बजे कोटा के लिए ट्रेन रवाना होगी तेलंगाना से एक हजार पांच सौ पचास मंजदूरों को लेकर श्रमिक स्पेषल ट्रेन आज सुबह कोडरमा पहंची इनमें राज्य के नौ जिलों के मजदूर शामिल हैं जिनमें ज्यादातर गोड़डा जिले के रहने वाले हैं सभी प्रवासी मजदूरों की कोडरमा रेलवे स्टेषन पर स्कीनिंग के बाद बसों के जरिये रवाना किया जा रहा है इस दौरान सभी मजदूरों को कोडरमा जिला प्रषासन की ओर से खाने का पैकेट उपलब्ध कराया गया है

झारखंड को ग्यारहवीं राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी और सबजूनियर महिला हॉकी की मेजबानी की जिम्मेदारी मिली है यह निर्णय कल हॉकी इंडिया की ऑनलाइन स्पेषल जनरल बॉडी की बैठक में लिया गया है दोनों चैंपियनषिप जनवरी दो हजार इक्कीस में आयोजित की जायेगी इससे पहले दो हजार बीस के लिए भी झारखंड को मेजबानी दी गयी थी लेकिन कोरोना वायरस के कारण चैंपियनषिप स्थगित कर दी गयी थी

राजमहल एसडीओ कर्ण कुमार सत्यार्थी और एसडीपीओ कृष्ण कुमार महतो ने पहुंचकर मजदूरों को शांत कराया